नये इलाकों में फैलने लगा है बाढ़ का पानी कोविड उन्नीस महामारी से लगभग इक्यावन हजार लोग संक्रमित

और राज्य में कल से सोलह दिनों का फिर से लॉकडाउन

राज्य में बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गयी है लगभग छियालीस लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं राज्य के चौदह जिलों में एक सौ दस प्रखंड बाढ़ की चपेट में हैं आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार लगभग चार लाख फंसे हुए लोगों को एनडीआरएफ एसडीआरएफ और अन्य एजेंसियों के माध्यम से सुरक्षित निकाला जा चुका है राहत और बचाव कार्य के लिए दोनों आपदा राहत मोचन बल की तीस टीमें काम कर रहीं हैं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लगभग बारह सौ सामुदायिक रसोई घर बनाये गये हैं बाढ़ से दरभंगा जिले में सोलह लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं वहीं मुजफ्फरपुर में बारह लाख की आबादी बाढ़ की चपेट में हैं सीतामढ़ी शिवहर सुपौल किशनगंज गोपालगंज खगड़िया सारण समस्तीपुर सिवान पूर्वी और पश्चिमी चंपारण जिले में बाढ़ से कच्चे घरों सड़कों पुल पुलियों और फसल को भारी क्षति पहुंची है सीतामढ़ी सारण समस्तीपुर गोपालगंज और मुजफ्फरपुर के कई नये इलाके बाढ़ की चपेट में आ गये हैं दरभंगा से हमारे संवाददाता ने बताया कि प्रभावित इलाकों में राहत कार्य तेज कर दिये गये हैं जिन इलाकों में सुरक्षा बांध टूटने की घटनाएं हुई है उसे दुरूस्त किया जा रहा है इस बीच जल संसाधन विभाग के इंजीनियरों ने केवटी प्रखंड में अधवारा नदी के टूटे हुए सुरक्षा बांध को ग्रामीणों की सहायता से ठीक कर लिया है मुजफ्फरपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि बाढ़ के कारण हजारों की संख्या में लोग बेघर हो गये हैं जिले के मोतीपुर इलाके में टूटे हुए तटबंध को द्रूस्त किया जा रहा है जिले के कांटी बंदरा पूरानी जीरो माईल विजयी छपरा इलाके में ब्रढ़ी गंडक के तटबंध कई स्थानों पर टूट गये हैं वहीं शहरी इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर जाने से दस हजार से अधिक लोग बाढ़ की चपेट में आ गये हैं पारू प्रखंड में छह हजार लोग प्रभावित हैं

नदी के जलस्तर में अप्रत्याशित बढ़ोतरी के बाद नदी के किनारे बसे इलाकों में बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है लोगों को ऊंचे स्थानों पर जाने के निर्देश दिये गये हैं इधर वाल्मीकिनगर स्थित गंडक बराज से लगभग दो लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है जिससे पश्चिम चंपारण पूर्वी चंपारण और गोपालगंज के नये इलाकों में बाढ़ का पानी फैलने का खतरा मंडराने लगा है कटिहार से हमारे संवाददाता ने बताया है कि कल रात से लगातार हो रही बारिश के बाद बरंडी नदी के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हुई है फलका प्रखंड में निसुंदरा पुल के पास थॉमस बांध एक किलोमीटर तक टूट गया है पानी के दबाव के कारण बरंडी नदी का तटबंध और नहर का सुरक्षा बांध जगह जगह से टूट गया है समस्तीपुर दरभंगा मुख्य रेल मार्ग पर स्पेशल रेलगाड़ियों का आज आठवें दिन भी परिचालन बाधित है इस रेलखंड पर तीन रेल पुल के निकट बाढ़ का पानी आ गया है समस्तीपुर मुक्तापुर रेल पुल तथा हायाघाट थलवारा के बीच दो रेल पुल के निकट बाढ़ का पानी आ जाने से रेल परिचालन बंद कर दिया गया बूढ़ी गंडक नदी के जलस्तर में पश्चिम चंपारण मुजफ्फरपुर समस्तीपुर और खगड़िया में कई स्थानों पर तेजी से बढ़ोतरी हुई है बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर समस्तीपुर में रोसड़ा में खतरे के निशान से करीब चार मीटर ऊपर चला गया है समस्तीपुर में नदी लाल निशान से दो मीटर ऊपर बह रही है कई अन्य स्थानों पर भी नदी का जलस्तर लाल निशान से ऊपर बना हुआ है कोसी नदी का जलस्तर खगड़िया के बलतारा में खतरे के निशान से दो मीटर ऊपर पहुंच गया है केन्द्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गंगा गंडक घाघरा महानंदा अधवारा समूह और बागमती नदी का जलस्तर ज्यादातर स्थानों पर कम हो रहा है या स्थिर बना हुआ है गंडक नदी का जलस्तर गोपालगंज के डुमरिया घाट और मुजफ्फरपुर के रेवा घाट में खतरे के निशान से एक मीटर ऊपर बना हुआ है प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हुई है वहीं राज्य के उत्तर पश्चिम और पूर्वी इलाकों में भारी बारिश हुई है मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार सबसे अधिक दो सौ मिलीमीटर बारिश सिवान जिले के दरौली में रिकॉर्ड की गयी कटिहार और किशनगंज जिले के चरघरिया में अस्सी मिलीमीटर वर्षा हुई है अगले चौबीस घंटों के पूर्वानुमान में उत्तर बिहार और सीमांचल के इलाकों में भारी बारिश की आशंका है मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के वैज्ञानिक रविन्द्र कुमार ने बताया कि मॉनसून की अक्षीय रेखा गया जिले से होकर गुजर रही है जिससे अच्छी बारिश की संभावना बनी हुई है

बताया जाता है कि सभी लोग मार्डर गांव में धान की रोपनी कर रहे थे इसी दौरान यह हादसा हुआ बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र तीन अगस्त से छह अगस्त तक आयोजित होगा कोविड उन्नीस के संक्रमण के चलते इस बार यह सत्र विधान मंडल परिसर से बाहर पटना के ज्ञान भवन में आयोजित किया जायेगा यहां सोशल डिस्टेंसिंग की पर्याप्त व्यवस्था रहने के कारण सत्र का आयोजन किया जा रहा है विधान मंडल के इतिहास में पहली बार विधान मंडल सत्र का आयोजन सदन से बाहर किया जा रहा है विधान सभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने बताया कि सदस्यों को सत्र के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य होगा और कोविड उन्नीस नियंत्रण के लिए आवश्यक प्रोटोकोल का पालन किया जायेगा उन्होंने कहा कि सदस्यों के लिए सत्र के दौरान बाहर कोविड जांच के लिए रैपिड एंटीजेन टेस्ट की व्यवस्था रहेगी सोलहवीं विधानसभा का यह अंतिम सत्र होगा चार दिनों के इस संक्षिप्त सत्र में वित्तीय वर्ष दो हजार बीस इक्कीस प्रथम अनुपूरक बजट पेश किया जायेगा और अन्य विधायी कार्य निपटाये जायेंगे अध्यक्ष ने विपक्ष और सत्तापक्ष के सदस्यों से सदन के सुचारू संचालन में सहयोग का अनुरोध किया है प्रदेश में कोविड उन्नीस संक्रमण की संख्या लगभग इक्यावन हजार हो गयी है स्वास्थ्य विभाग के अनुसार जांच रिपोर्ट में प्रदेश के तीस जिलों से दो हजार नौ सौ छियासी नये मामलों की पुष्टि हुई है सबसे अधिक पांच सौ पैंतीस मामले पटना जिले से सामने आये हैं वहीं रोहतास जिले से एक सौ छप्पन नालंदा से एक सौ छियालीस गया जिले से एक सौ छब्बीस और मुजफ्फरपुर जिले से एक सौ पच्चीस मामलों की पुष्टि हुई है एक सौ तेईस मामलों की प्रष्टि वैशाली जिले से जबकि एक सौ बाईस मामलों की मध्बनी जिले से हुई है स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अब तक दो सौ अंठानवे लोगों की इस महामारी से मृत्यु हो चुकी है वहीं तैंतीस हजार से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं और स्वस्थ होने वालों का प्रतिशत बढ़कर छियासठ हो गया है राज्य सरकार के निर्देश के बाद जांच में तेजी आयी है और अब प्रतिदिन बीस हजार से अधिक सैंपल की जांच हो रही है देश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर सोलह लाख अड़तीस हजार से अधिक हो गयी है अब तक साढे दस लाख से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं पिछले चौबीस घंटों में अब तक के सबसे अधिक सैंतीस हजार दो सौ तेईस मरीज स्वस्थ हुए हैं इस महामारी से देश भर में पैंतीस हजार सात सौ सैतालीस लोगों की मृत्यु हुई है स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने आज कहा कि कोविड उन्नीस के मरीजों के परिजनों को अस्पताल प्रबंधन द्वारा नियमित रूप से मरीज के स्वास्थ्य की जानकारी दी जायेगी श्री अमृत भागलपुर में कोविड उन्नीस नोडल अस्पताल जेएलएनएमसीएच के निरीक्षण के बाद संवाददाताओं को संबोधित कर रहे थे

गृह विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य मुख्यालय पटना जिला मुख्यालयों अनुमंडल मुख्यालयों प्रखंड मुख्यालयों और राज्य के सभी नगरपालिका क्षेत्रों में पहली अगस्त से सोलह अगस्त तक कुछ अतिरिक्त पाबंदियां भी लगायी जाएंगी इस दौरान सरकारी कार्यालय और वाणिज्यिक तथा निजी कार्यालय अपने पचास प्रतिशत कर्मचारियों से ही काम करेंगे निचली अदालतों और न्यायिक कार्य से संबद्ध कार्यालय पटना उच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करेंगे रेल और विमान सेवाएं जारी रहेंगी रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डा आने जाने वाले यात्रियों के लिए वाहनों के परिचालन पर कोई रोक नहीं है सार्वजनिक बसों का परिचालन इस अवधि में बंद रहेगा सभी शैक्षणिक संस्थान तथा धार्मिक स्थान लॉकडाउन में बंद रहेंगे शॉपिंग मॉल और सिनेमा हॉल भी बंद रखे जाएंगे पूरे राज्य में रात दस बजे से सुबह पांच बजे तक कर्फ्यू रहेगा जिसमें सिर्फ आवश्यक गतिविधियों की इजाजत होगी निर्माण और कृषि से संबंधित गतिविधियों को भी लॉकडाउन से छूट दीगयी है इसके अलावा उनसे जुड़ी दूकानों को भी खोलने की अनुमति होगी

शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड ने मुस्लिम धर्मावलंबियों से कोविड उन्नीस महामारी को देखते हुए घर में ही ईद उल अजहा की नमाज अदा करने की अपील की है कई मुस्लिम धर्मग्रुओं और विद्वानों ने भी सुरक्षा और बचाव के मद्देनजर लोगों से मस्जिद और ईदगाह में जाकर सामूहिक नमाज अदा करने से बचने की अपील की है इसके अलावा सभी से कोविड उन्नीस से बचाव के लिए बताये गये दिशा निर्देशों का पालन करने का भी अनुरोध किया गया है इधर पर्व को देखते हुए पूरे प्रदेश में सुरक्षा और चौकसी बढ़ा दी गयी है वरिष्ठ चिकित्सक डॉ नरेश गुप्ता ने कहा कि संक्रमण के अधिकतर रोगी स्वयं ठीक हो जाते हैं और बहुत कम रोगियों को ही अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत पडती है

महात्मा गांधी सेतु के मरम्मत किये गये पश्चिमी लेन को वाहनों की आवाजाही के लिए आज से खोल दिया गया है केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉफ्रेंस के जरिये इसका उद्घाटन किया सत्रह सौ बयालीस करोड़ रुपये की लागत से इसका निर्माण किया गया है नया पश्चिमी लेन पूराने पूल के ऊपरी ढ़ांचे को तोड़कर पूरी तरह से स्टील से बनाया गया है इसके चालू हो जाने से उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच वाहनों की आवाजाही में सुविधा होगी और भीषण जाम से भी मुक्ति मिलेगी इस अवसर पर श्री गडकरी ने कहा है कि उनकी इच्छा है कि पटना में गंगा नदी पर बंदरगाह बने इसके लिए प्रयास किया जायेगा केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश में चालीस नदी बंदरगाह और चार मल्टी मॉडल का निर्माण किया जाना है इनमें से झारखंड के साहेबगंज और उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गंगा नदी में बनने वाले रिवर पोर्ट का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन कर चुके हैं वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस अवसर पर केन्द्र सरकार का आभार जताया उन्होंने बक्सर से वाराणसी को सीधे फोर लेन से जोड़ने और मोकामा से लखीसराय होते हुए मुंगेर तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या अठाईस को फोर लेन बनाने का अनुरोध किया है मुख्यमंत्री ने खगड़िया से पूर्णिया तक और मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनवर्षा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या सतहत्तर को भी फोर लेन में परिवर्तित करने का अनुरोध किया है कार्यक्रम में उपस्थित केंद्रीय मंत्री और पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद ने अपने संसदीय क्षेत्र में बख्तियारपुर प्रखंड के काला दियारा में गंगा नदी पर एक पुल बनाये जाने की मांग की और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर प्रदेश में बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गयी है

नये इलाकों में फैलने लगा है बाढ़ का पानी कोविड उन्नीस महामारी से लगभग इक्यावन हजार लोग संक्रमित

और राज्य में कल से सोलह दिनों का फिर से लॉकडाउन